स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में लोअर दिबांग वैली से छियालीस ईटानगर राजधानी क्षेत्र से चवालीस पाप्मपारे और पाके केसांग से ग्यारह ग्यारह ईस्ट सियांग जिले से नौ वैस्ट कामेंग से आठ लोअर स्बनसिरी और तिराप से सात सात लोहित और तवांग से पांच पांच और अन्य आठ जिलों से पंद्रह नए मामले शामिल है जबकि सोमवार को पच्चीस कोरोना रोगी स्वस्थ ह्ए है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ चौबीस हो गई है और रिकवरी दर घटकर पंचानबे दशमलव छह शून्य प्रतिशत रह गई है

उन्होंने कहा कि हम सभी अपनी और अपने प्रियजनों के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने विधानसभा की सहायता के लिए तैयार रहने के लिए सभी स्वयं सेवको के प्रति आभार व्यक्त किया पिछले वर्ष राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ए पी एल ए कोविड कंट्रोल के असाधारण कार्य को याद करते हए श्री सोना ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी स्वयं सेवक जरुरत मंद लोगो की मदद के लिए प्री निष्ठा के साथ काम करेगा

विभाग दवारा जारी अधिसूचना के अन्सार छात्रावास में रह रहे सभी विद्यार्थियों को एक मई से पहले छात्रावास को खाली करने को कहा गया है विभाग ने कहा कि शेष बचे पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक गतिविधियों को ऑनलाईन के जरिए किया जाएगा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयो को यू जी सी के नवीनतम दिशानिर्देशों के अन्सार अपने संबंधित शैक्षणिक कैलेंडर बनाने को कहा है

यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीज़ों के उपचार के लिए हैं यह दिशा निर्देश और परामर्श आय्ष मंत्रालय दवारा गठित आय्ष अन्संधान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं आय्ष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आय्षक्वाथ आयर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है यह चार जड़ी बूटियों का एक सरल मिश्रण है

नए एस ओ पी के बारे में जानकारी देते हुए टाउन मजिस्ट्रेड सह अंचल अधिकारी लोंगो रिपी दोनी ने जिले के द्वकानदारों विक्रेताओ और आम नागरिकों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी एस ओ पी का पालन करने को कहा है

भारतीय सेना दवारा श्रु की गई इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से लगभग सत्ताईस स्वयं सेवको ने हिस्सा लिया

ट्वीट करते हए पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फैक बताया है